उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु ने कहा है कि नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के सभी बच्चा और नौजवानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपर्ण कदम है उन्होंने नयी शिक्षा नीति का सरकार की मंजूरी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें मातृभाषा और अनेक भाषाओं को पढ़ाए जाने संबंधी प्रावधान पर जोर दिया जाना भारत की क्षेत्रीय आर प्राचीन भाषाओं के प्रति सम्मान और उन्हें महत्व प्रदान करने का प्रतीक है

उप राष्ट्रपति ने कहा है कि नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सदाचार और मानवीय तथा संवैधानिक मूल्यों पर जोर दिये जाने से हमारी लोकतांत्रिक जड़ों को मजबूती प्रदान करने वाल प्रबुद्ध नागरिकों का निर्माण हो सकेगा श्री नायडु ने कहा है कि नयी शिक्षा नीति सही मायने में वैश्विक और मूलतः भारतीय है

शिक्षा नीति से स्कूली और उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में व्यापक और क्रातिकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ है

इसके लिये लोगों को संक्रमण से बचाव के बारे में लगातार जागरूक किया जाये उन्होंने कहा कि मास्क के अनिवार्य उपयोग और दो गज की दूरी को बनाये रखने की जानकारी आमजन को अवश्य दी जाये ज्यादा से ज्यादा लोगों को आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच कोविड ऐप डाउनलोड करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये मुख्यमंत्री ने लखनऊ स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर में चिकित्सा विभाग के विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को तैनात करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमित व्यक्ति को समय से चिन्हित करते हुए उपचार के लिये उसे चिकित्सालय में भर्ती किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये मुख्य्मंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन समारोह का कार्यक्रम अपने घरों पर ही रहकर देखने की अपील की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अयाध्या में पांच अगस्त को भूमि पूजन समारोह में राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक लेख के जरिए लोगों से घरों में रहते हुए भूमि पूजन समारोह को देखने की अपील की है और कहा है कि राम भक्त कोरोना से जुडे दिशा निर्देशों का पालन करें मुख्यमंत्री जोकि स्वयं गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं

उन्होंने कहा कि देश के करोड़ो राम भक्तों का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर करेंगे और उनके प्रयासों की वजह से ही सदियों बाद यह अवसर आया है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ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

देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या साढे दस लाख पार कर गई है

जन सुनवाई के दौरान सांसद ने ऑडिटोरियम में उपस्थित लोगों से बारी बारी से उनकी समस्याएं सुनी और उसके निस्तारण का खाका तैयार किया श्री द्विवेदी ने कहा कि पूरा देश कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रहा है ऐसी स्थिति में लोग अपनी विशेष आवश्यकताओं के लिए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं जनपद वासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाना आवश्यक है

जन सुनवाई के दौरान लोगों ने अपनी जिन समस्याओं से अवगत कराया है उसका त्वरित निस्तारण होगा

उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी हो तभी घरों से निकले मेरे मोबाइल पर एवं स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं से संपर्क करके अपनी समस्या से अवगत कराएं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत घोषित विशेष पैकेज का लाभ कृषि और बागवानी क्षेत्र में काफी मिल रहा है बदायूं जनपद में इस क्षेत्र में काम करने वाले स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को अनुदान दिया जायेगा जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोत्तरी होगी

जिला उद्यान अधिकारी मुकेश कुमार ने आकाशवाणी को बताया भारत सरकार के आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अन्तर्गत नई योजना लोगों को उपलब्ध कराने के लिये प्रारम्भ की गई है

इस योजना का लाभ व्यक्तिगत उद्यमी स्वयं सहायता समूह सहकारी समिति यह सभी इसके लाभ प्राप्त कर सकती है जिलाधिकारी कुमार प्रशांत द्वारा जिला उद्यान अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं कि खाद्य प्रसंस्करण इकाई में आलू के चिप्स पापड़ अचार मिर्च उत्पाद मत्स्य पालन मध्रमक्खी पालन मशरूम उत्पादक डेयरी पशुपालन औषधीय सतावर एलोवेरा पुष्प उत्पादककर्ता कृषकों का चयन कर प्रशिक्षण कराया जाये और जिला स्तर से ही रिसोर्स पर्सन का चयन कर प्रस्ताव निदेशालय उद्यान को भिजवाया जाये मुहम्मद नईम आकाशवाणी समाचार बदायूं

नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने के लिये कहा गया है विभिन्न जनपदों में मस्जिदों और ईदगाहों के मुतवल्लियो के साथ जिला प्रशासन और पुलिस ने बैठक कर ईद आयोजन के संबंध में विचार विमर्श किया इस दौरान हर थाने में पीस कमेटी की बैठके भी आयोजित की गई प्रदेश के कई भागो में हल्की स भारी वर्षा दर्ज की जा रही है सिद्धार्थनगर बलरामपुर बलिया मऊ प्रतापगढ़ पीलीभीत समेत आसपास के इलाकों में भी पिछल चौबीस घंटों के दौरान हल्की से तेज वर्षा दर्ज की गयी मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान जताया है